दंतेवाड़ा जिले में दो माओवादी गिरफ्तार रूस में खेली गई वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोरबा के अभिषेक खांडेकर ने देश के लिए हासिल किए दो कांस्य पदक प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार आवास क्षेत्र को बिचौलियों और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए काम कर रही है ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के अपना मकान मिल सके श्री मोदी ने नमो एप के जरिये आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि सरकार आवास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि सरकार का वर्ष दो हजार बाईस में आजादी की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के हर परिवार को मकान उपलब्ध कराने का संकल्प है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं दिव्यांगजनों अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को मकान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है प्रधानमंत्री राज्यपाल सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को मजबूत करने के लिए राज्यपालों का आह्वान किया है और कहा है कि यह राज्यों के बीच भागीदारी सांस्कृतिक आदान प्रदान और जनता के बीच सम्पर्क बढ़ाता है राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन के समापन सत्र में आज श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार आम लोगों के जीवन निर्वाह को आसान बनाने के लिए काम कर रही है शिक्षाकर्मी समिति रिपोर्ट पंचायत और नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है पंचायत विभाग के अधिकारियों ने आज रायपुर में बताया कि यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सौंपी जाएगी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षाकर्मियों के वेतन भत्तों और पदोन्नति के अलावा अनुकंपा नियुक्ति तथा स्थानांतरण नीति से संबंधित मांगों पर विचार करने के लिए पांच दिसम्बर दो हजार सत्रह को इस समिति का गठन किया गया था अधिकारियों ने बताया कि समिति ने समय समय पर बैठकों के जरिये पंचायत और नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मी संगठनों के पदाधिकारियों से सुझाव प्राप्त किए

की मांगों के विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि गरीबों के लिए एक रूपये किलो चावल की योजना राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है जो कभी बंद नहीं होगी आज विकास यात्रा के तहत राजनांदगांव जिले के मानपुर में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस आमसभा से घर पहुंचने के पहले ही धान बोनस की राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मानपुर क्षेत्र के विकास के लिए करीब तीन सौ उनसठ करोड़ रूपये के एक सौ पचपन निर्माण कार्यो का लोकार्पण भूमिपूजन और शिलान्यास किया इसके अलावा उन्होंने करीब अट्ठारह हजार किसानों को वर्ष दो हजार सत्रह का करीब सोलह करोड़ रूपये धान का बोनस उनके बैंक खाते में ऑनलाइन जमा कराया मुख्यमंत्री इसके बाद बालोद के कार्यक्रम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने करीब एक सौ उनसठ करोड़ रूपए के एक सौ चवालीस विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया

मिली जानकारी के मुताबिक जिले की किरंदुल थाने की पुलिस तलाशी अभियान पर निकली हुई थी इस दौरान मदाड़ी गांव के नजदीक इन दोनों माओवादियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया बताया जाता है कि ये दोनों माओवादी चोलनार ब्लास्ट में शामिल थे ये माओवादी बीते चार सालों से माओवादी संगठन में ग्राम रक्षा दल के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे

मिली जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को सीबीआई ने इस मामले की जांच के सिलसिले में रायपुर के व्यवसायी रिंक् खन्जा से पूछताछ की थी बताया जाता है कि सीबीआई व्यवसायी से और पूछताछ करने वाली थी लेकिन उससे पहले ही व्यवसायी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने व्यवसायी की मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग की है नगरीय निकाय आजीविका मिशन राज्य के नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जल्द ही आजीविका मिशन शुरू किया जाएगा

नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से देशभर के एक सौ ग्यारह आकांक्षी जिलों से किसानों को इस अभियान के तहत चुना जाएगा चुने गए किसानों को कृषि तकनीकों में सुधार और आय बढ़ाने के उपायों के बारे में सलाह और सहयोग दिया जाएगा एम्स कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि प्रदेशवासियों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है आज रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एकदिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार तीन में प्रदेशभर में केवल सात ब्लड बैंक थे जो अब बढ़कर पच्चीस हो गए हैं वहीं निजी क्षेत्रों में भी बावन ब्लड बैंक कार्य कर रहे हैं जिनके जरिये लोगों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है राजेश मूणत समीक्षा लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर शहर में बनाए जा रहे सभी रेलवे ओव्हर और अंडरब्रिजों तथा फ्लाईओव्हरों का निर्माण पंद्रह अगस्त के पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं कल रायपुर में एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री मूणत ने कहा कि निर्माण कार्यो में लापरवाही बरतने और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री मूणत ने समीक्षा बैठक में दुर्ग शहर में बनाए जा रहे ओव्हरब्रिज के निर्माण की भी समीक्षा की

पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष पांच जून को यह दिन मनाया जाता है भारत इस बार तैंतालीसवें विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन की मेजबानी कर रहा है समारोह में पर्यावरण मंत्री संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि और विभिन्न उद्योग समूहों के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ में भी पर्यावरण संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल द्वारा आज सुबह प्रभातफेरी निकाली गई

द्र्ग जिले में भी इस अवसर पर साइकिल रैली तथा चित्रकला निबंध औरं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने जनता से पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की है वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि पर्यावरण संरक्षण का दायरा सिर्फ वुक्षारोपण तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि जल प्रद्रषण को रोकने के लिए नदियों तालाबों कुंओं झरनों झीलों और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है

इस पुरस्कार की राशि पांच लाख रूपये होगी रायपुर के एनआईटी के पास स्थित नालंदा परिसर आम लोगों के देखने के लिए सोमवार से शनिवार शाम चार बजे से छह बजे तक खुला रहेगा धमतरी जिले में आज एक महिला और उसकी तीन साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई